स्वास्थ्य सेवांए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी चौबे ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी

आईपीडीएस योजना खराब मौसम में भी विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की गई इंटीग्रेटेड पावर डिवेलपमेंट स्किम यानि आईपीडीएस के तहत प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है नैनीताल जिले में इस योजना के तहत नए बिजली घर ट्रांसफार्मर और इन्सुलेटेट वायर्स लगाये जा रहे हैं जिससे आंधी तूफान के बावजूद बिजली की आपूर्ति बाधित न हो नए ट्रांसफार्मर लगने से खराब मौसम में भी बिजली आपूर्ति की जा सकेगी

सुचित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने शिक्षण संस्थानों को अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करने की तारीख तब तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं जब तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि नहीं पहुंच जाती मंत्रालय ने यह निर्देश शुल्क समय पर जमा न करने के कारण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जाने की शिकायतों के बाद जारी किया है नीति आयोग नीति आयोग एलपीजी सब्सिडी को रसोई सब्सिडी में बदलने के एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है ताकि खाना पकाने के लिए पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली प्राकृतिक गैस और जैव ईंधन का इस्तेमाल करने वाले लोगो को फायदा पहुंचाया जा सके नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि खाना पकाने के काम में आने वाले सभी प्रकार के ईंधनों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था लागू होनी चाहिए इस समय सरकार एलपीजी का इस्तेमाल करने वालों को ही सब्सिडी देती है जागरूकता सड़क द्र्घटनाओं के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए अस्थि और जोड़ विशेषज्ञ चिकित्सक संगठन भारतीय आर्थोपेडिक एसोसिएशन यानि आईओए आगे आया है एक समाचार एजेंसी के अनुसार संगठन कल से आगामी एक महीने तक राज्य के स्कूल कॉलेज और वाहन संगठनों के माध्यम से सम्बंधित लोगों को जागरूक करेगा एसोसिएशन के उत्तराखण्ड चैप्टर के अध्यक्ष डॉ विमल नौटियाल ने देहरादून में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अधिकतर सड़क द्र्घटनांए जागरूकता के अभाव में होती हैं उन्होंने बताया कि आगामी चार अगस्त को अस्थि और जोड़ दिवस के मौके पर हड्डी सम्बन्धी रोगों का बिल्कुल निःशुल्क उपचार किया जाएगा जिसमें घुटना प्रत्यारोपण जैसे उपचार भी शामिल होंगे खंडन पिथौरागढ़ में आपदा से प्रभावित हुए लोगों की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा किराया लिए जाने वाली खबर पूरी तरह से भ्रामक है मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इस अफवाह का खंडन किया है मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार हेली परिवहन कम्पनी को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि आपदा के समय फंसे लोगों की मदद के लिए कोई किराया न लिया जाए गौरतलब है कि भारी बारिश की सम्भावना को देखते हुए आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए गढ़वाल और कुमाऊँ में एक एक हेलीकाप्टर की व्यवस्था की गई है आभार प्रदेश में नाबालिक बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किए जाने के फैसले पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अबोध बच्चियों के साथ इस प्रकार के जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड से कम सजा हो ही नहीं सकती सम्बोधन राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पॉल ने अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानन्द की साधना से जुड़े स्थानों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से लोग स्वामी विवेकानन्द के बारे में जान सकेंगे और इससे जिले में पर्यटन की संभावनांए भी बढ़ेंगी राज्यपाल अल्मोड़ा में काकड़ीघाट प्रकल्प के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने स्वामी विवेकानन्द द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए पुस्तकालय के निर्माण हेतु राजकीय इण्टर कॉलेज नौगांव को एक लाख रुपए देने की घोषणा की स्वामी विवेकानन्द का स्मरण करते हुए डॉ पॉल ने कहा कि मातृभाषा के साथ संस्कृत और अंग्रेजी के ज्ञान को भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना था

हरिद्वार देहरादून पौड़ी बागेश्वर रूद्रप्रयाग अल्मोड़ा और चमोली से दोपहर के बाद बारिश होने के समाचार मिले हैं राजधानी में हुई बारिश के बाद बढ़ रही उमस से राहत मिली है हालांकि अचानक हुई बारिश के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी देहरादून टिहरी पौड़ी नैनीताल बागेश्वर पिथौरागढ़ और चम्पावत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है

अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी हरेला पर्व महत्वपूर्ण है

उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के प्रयास किए जाने चाहिए

वे आज अल्मोड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी